राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ी चुनावी गतिविधियां भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की क्षेत्र में किया प्रचार कांग्रेस की जीत का किया दावा हिमाचल के बॉक्सर आशीष चौधरी ने थाईलैंड में चल रही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम चार लोग ही पर्चा दाखिल करने अंदर जा सकेंगे जबकि प्रत्याशी के साथ आए समर्थकों को उपायुक्त कार्यालय से सौ मीटर दूर रखा जाएगा

नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले उम्मीदवारों को अपना नया बैंक खाता खुलवाना होगा और इसकी जानकारी नामांकन के समय देनी होगी चुनाव प्रचार जयराम लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं और सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभाली है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राज्य में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं जयराम ठाक्र ने आज मण्डी ज़िले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कुन्नू में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की लोकतंत्र में अहम भूमिका है और उनके सहयोग के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती जयराम ठाक्र ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी भाजपा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत व पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी इस मौके माजूद रहे

चुनाव प्रचार वीरभद्र इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने आज सोलन ज़िले के अर्की विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में कार्य किया और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज खोले गए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय किए गए विकास के दम पर ही पार्टी आज लोगों से वोट मांग रही है वीरभद्र सिंह ने लोगों से कांग्रेस पार्टी को जिताने का आग्रह किया कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी इस मौके माजूद रहे धुमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कीं उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर नरेन्द्र मोदी को एकबार फिर प्रधानमंत्री बनाने का आहवान किया ध्रमल ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत को दुनिया में नई पहचान मिली है और देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर दुनिया की नजर है आश्रय शर्मा मण्डी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया

आश्रय शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकारों ने प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम हिमाचल में संचार क्रांति लाए थे विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी

उन्होंने लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने से विकास की गति दोगुनी हुई है और केन्द्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी है उन्होंने दावा किया कि देश में भाजपा की लहर है और पार्टी एकबार फिर जीत हासिल करेगी सीमेंट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने प्रदेश में बढ़ते सीमेंट के दामों पर चिंता व्यक्त की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य में सीमेंट कम्पनियों को खुली छूट दी है और यही कारण है कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में हिमाचल से सस्ता है राठौर ने कहा कि जनहित में सीमेंट के मूल्यों में कमी की जानी चाहिए

राम स्वरूप मण्डी से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पंडित सुखराम व उनके परिवार ने चुनाव के मौके पर पार्टी बदल कर भाजपा को धोखा दिया है उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें हमेशा मान सम्मान दिया लेकिन उन्होंने अपने पोते के लिए कांग्रेस का टिकट लेने के लिए पार्टी बदली है रामस्वरूप शर्मा ने दावा किया कि मण्डी संसदीय क्षेत्र की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान कर परिवारवाद को करारा जवाब देगी आजाद प्रत्याशी मण्डी संसदीय क्षेत्र से दो आज़ाद उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है अधिवक्ता सुभाष मोहन स्नेही ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि वे इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे उन्होंने भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाया स्नेही ने कहा कि वे किसानों व बागवानों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए काम करेंगे इस बीच किन्नौर ज़िले के गुमान नेगी भी मण्डी संसदीय क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे

बॉक्सिंग हिमाचली बॉक्सर आशीष चौधरी ने थाईलेंड में चल रही एशियन बॅक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है मण्डी जिले के सुंदरनगर निवासी आशीष ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन के मुक्केबाज़ को हराया

हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और प्रदेश बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने आशीष चौधरी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है रोहतांग सुरंग लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग आज लोगों की आवाजाही के लिए खोली गई चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सीमा सड़क संगठन व टनल प्रबंधन ने सुरंग से लोगों की आवाजाही को मंजूरी दी सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने केलंग में बताया कि बर्फबारी के कारण घाटी से बाहर फंसे मतदाताओं को आज रोहतांग सुरंग के माध्यम से लाहौल पहुंचाया गया जबकि ज़रूरतमंद लोगों को घाटी से बाहर निकाला गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंडित शिवलाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे शालीन स्वभाव व ईमानदार नेता थे उन्होंने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं